इससे लगभग तीन सौ करोड़ कार्य दिवस के रोजगार सुजन में सहायता मिलेगी

उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी है

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गो को राहत पहुंचाने के उपाय किए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अस्सी करोड लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है राहत पैकेज में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है श्री ठाकुर ने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना तुरंत लागू की जायेगी

प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह जनपथ भेजने के प्रबंधों पर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है इसमें राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सहयोग करने की बजाय राजनीति कर रही है केन्द्र सरकार की विभिन्न घोषणाओं का प्रदेश में भी स्वागत किया गया है

वहीं बुंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति के सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा ने मनरेगा में बजट बढाने पर केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया

अजमेर बाडमेर भीलवाडा दौसा जालोर करौली नागौर प्रतापगढ तथा सवाई माधोपुर में एक एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है

पुलिस महानिदेशक जेल एन आर के रेड़डी ने बताया कि जयपुर के केन्द्रीय कारागृह के अन्य वार्डो में भी रेंडम सैम्पलिंग करने का फैसला किया गया है उन्होने बताया कि राज्य की दूसरी जेलों जहां अभी तक संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है वहॉ भी रैंडम सम्पलिंग के जरिये जांच करने के बारे में गृह विभाग के अधिकारियों की कल बैठक होगी राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी है

पहली ट्रेन शाम चार बजे बिहार के लिये रवाना हुई दूसरी ट्रेन रात को दस बजे उत्तरप्रदेश जायेगी इससे पहले कल रात जोधपुर और झुंझुनूं से भी श्रमिकों को उत्तरप्रदेश भेजा गया

रेलवे प्रवासी कामगारों की सुरक्षित और तेज वापसी सुनिश्चित करने के लिये रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जिले से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है

संगठन के उप निदेशक के एल गुर्जर ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिम की ओर से आ रही हवाओं के साथ ये दल प्रवेश कर रहे हैं

पहले जिन वाहनों पर फास्ट टैग नहीं होता था उनसे ही दोगुना टोल वसूला जाता था

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज ये जानकारी दी

बांसवाड़ा जिले में आज रसद विभाग ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर पुरानी मिठाई और नमकीन बेचने वालों पर कार्रवाई की

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है

मौसम विभाग ने आज नागौर बीकानेर श्रीगंगानगर हनमानगढ चुरू बाडमेर जैसलमेर जोधपुर अलवर सीकर झन्झन दौसा जयपुर और अजमेर में कहीं कही आंधी और तेज हवाये चलने की संभावना व्यक्त की है विभाग ने कहा है कि मंगलवार से प्रदेश के कई जिलों में लू का दौ शुरू हो जायेगा

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं